पटना कैमूर और पूर्णिया में कल से एक हफ्ते के लिए लागू होगा लॉकडाउन

पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर तेरह हजार दो सौ चौहत्तर हुई

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दस जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है भागलपुर जिले में आज से सोलह जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है पश्चिम और पूर्वी चंपारण में भी आज से ही आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है वहीं पटना कैमूर और पूर्णिया जिले में कल से सोलह जुलाई तक लॉकडाउन लागू होगा इसके अलावा खगड़िया में कल से चौदह जुलाई तक तथा बक्सर सुपौल और नवादा जिले में कल से तीन दिन तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा भागलपुर और कैमूर जिले में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लॉक डाउन लगाने का निर्णय लिया गया है लॉक डाउन के दौरान ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेगी इधर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉक डाउन लागू किया जा रहा है उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है उन्होंने बताया कि सोलह जुलाई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा श्री रवि ने कहा कि निजी प्रतिष्ठान और कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे

प्रदेश में नौ हजार पांच सौ बयालीस संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं कोरोना महामारी से अब तक सौ लोगों की मौत हो चुकी है इनमें मुख्यमंत्री आवास में तैनात एक हवलदार भी शामिल हैं कल सबसे अधिक पटना में उनासी मामले सामने आये बेगूसराय में सड़सठ गोपालगंज में इकसठ और भागलपुर में पचास नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमित व्यक्तियों में वैशाली की सांसद वीणा देवी भी शामिल हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक दो लाख पचहत्तर हजार पांच सौ चौवन सैंपलों की जांच हो चुकी है प्रदेश में जांच के लिए अड़तालीस केन्द्र बनाये गये हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड उन्नीस महामारी के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है जीबी पंत अस्पताल दिल्ली के डॉ संजय पांडेय ने लोगों से कहा है कि वे जब भीघरों से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाये

लेकिन अगर आप घर पर रह रहे हैं और स्वस्थ हैं और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है या फिर पलू के लव्षण नहीं हैतो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन हां अगर आप बाहर जा रहे हैं या किसी और काम के लिये बाहर निकल रहे हैं तो यह बेहतरहोगा कि आप मास्क का प्रयोग करें क्योंकिइससे आपकी सुरक्षा तो होगी ही दूसरे लोगों की भी सुरक्षा होगी केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को तीन सौ चौसठ अतिरिक्त वेंटिलेटर उपलब्ध कराये हैं उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन ने रेलगाड़ियों से आ रहे यात्रियों के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इसके तहत द्रसरे शहरों से आने वाले यात्रियों को अब चौदह दिनों के लिए अपने घरों में क्वारेंटीन रहना होगा इधर दानापुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी पृथ्वी राज ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंडल रेल कार्यालय को कल से सोलह जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है पटना स्थित महावीर कैंसर संस्थान में भर्ती मरीज के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संस्थान को चार दिनों के लिए बंद कर दिया गया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उप योजना के रूप में गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों के निर्माण को भी मंजूरी दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के तहत लगभग तीन लाख पचास हजार लोगों को एक लाख आठ हजार सिंगल बेडरूम फ्लैट दिए जाएंगे श्री जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि पांच महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने पांच किलोग्राम गेहूं या चावल इस वर्ष नवम्बर तक दिया जाएगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस के तीन सिलेंडर मुफ्त देने की समय सीमा बढ़ा दी है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं

अनेक लोगों ने दुसरा भी लिया लेकिन तीसरातुरन्त तीन महीने का पीरियड में नहीं लगा है तो अब सितम्बर के अन्त तक यह तीन सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे उसकी जगह अब सितम्बर तक यो अक्षी बढ़ादी गई है

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि के चौबीस प्रतिशत योगदान को जून से अगस्त तक तीन महीने बढाने की भी मंजूरी दी है इस योजना पर चार हजार आठ सौ साठ करोड़ रुपए खर्च होंगे इससे देश के बहत्तर लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए योगदान देगी डाक विभाग ने कोरोना आपदा में लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए बीमा कराओ अभियान की शुरूआत की है चौदह जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जन जन का भविष्य सुरक्षित करना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार विधान सभा का चुनाव समय पर ही होगा उन्होंने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू हो गयी है उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा बाद में की जायेगी श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम मौसम स्कूल कैलेंडर सुरक्षा और कोरोना को ध्यान में रखकर बनाया जायेगा राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने प्रदेश के ग्यारह सौ छियानवे पैक्सों का चुनाव छह अगस्त को कराने का निर्णय लिया है पहले यह चुनाव एक अगस्त को होने थे प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतगणना सात अगस्त को होगी नामांकन की प्रक्रिया अठारह से बीस जुलाई तक होगी जबकि नाम वापसी की तिथि चौबीस जुलाई तय की गयी है पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल रात से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने अगले बहत्तर घंटों तक भारी बारिश और वजपात की आशंका जतायी है इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि बारिश से उत्तर पूर्व बिहार के जिले ज्यादा प्रभावित होंगे विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिम चंपारण गोपालगंज सिवान शिवहर सीतामढ़ी दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सारण मधुबनी सुपौल और सीमांचल में तेज बारिश की संभावना है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में वज्रपात से बारह लोगों की मौत हो गयी है मृतकों में सबसे अधिक सात लोग बेगूसराय के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने वजपात की आशंका के मद्देनजर लोगों से बारिश के दौरान खूले में नहीं जाने की अपील की है इसके अलावा पानी वाली जगहों पर टेलिफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया गया है इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में छिपने का प्रयास करना चाहिए लोगों से वजपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल ऐप इन्द्रवज्ञ डाउनलोड करने की भी अपील की गयी है नेपाल के तराई क्षेत्रों और प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला एकबार फिर शुरू हो गया है मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है बागमती का जलस्तर सीतामढ़ी के कटौंझा में लाल निशान के ऊपर बना हुआ है कोसी नदी खगड़िया के बालतारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है समस्तीपुर में बुढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गयी है लेकिन ये अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया है कि औराई से गुजरने वाली लखनदई नदी के बिशनपुर गांव स्थित तटबंध में रिसाव शुरू हो गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में या एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है सीबीएसई ने एक बयान में बताया है कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है बोर्ड ने बताया है कि शैक्षिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए कक्षा नौवीं से कक्षा बारहवीं तक के पाठ्यक्रम में की कई कटौती केवल एक बार के लिए ही है सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि दो हजार बीस इक्कीस की बोर्ड परीक्षाओं में खंडित पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे शिक्षा विभाग ने नब्बे हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा दो हजार इक्कीस में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार की तिथि चौदह जुलाई तक बढ़ा दी है पहले डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में हुई गलती के ऑनलाईन सुधार के लिए सात जुलाई तक की तिथि निर्धारित थी आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में फिर से शुरू हो रहे लॉकडाउन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण की सुर्खी है पटना में कल से फिर लॉकडाउन हिन्दुस्तान ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है विधानसभा का चुनाव समय पर होगा दैनिक भास्कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्राथमिकता देते हुए लिखता है मार्च के बाद बिके बीएस फोर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक प्रभात खबर ने शराबबंदी कानून की नयी व्यवस्था से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है अब एएसआई कर सकेंगे शराब के मामले की जांच और कार्रवाई

पटना कैमूर और पूर्णिया में कल से एक हफ्ते के लिए लागू होगा लॉकडाउन

पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर तेरह हजार दो सौ चौहत्तर हुई